ट्रेनों की गति बढ़ने से यात्रा में लगेगा कम समय

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में गरीबी कम करने के लिये कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है वहीं भाजपा सरकार हर वर्ग हर समुदाय के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है उन्होंने आगरमालवा जिले के किसानों के लिये पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था करने की घोषणा की

नई समय सारिणी लागू होने के बाद ट्रेनों को अंतिम स्टेशन तक पहुंचने के समय में दो घंटे की कमी आएगी

आईआरसीटी ने टिकिट बुक करा चुके यात्रियों को संदेश भेजना शुरू कर दिया है यात्री रेलवे पूछताछ विभाग से ट्रेन का समय जरूर पता कर लें वीवीपेट की जांच प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मददेनजर वीवीपेट मशीन की पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवायी करेगा कांग्रेस ने याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग वीवीपेट और ईवीएम की रेन्डम जांच करे कमलनाथ ने मांग की है कि चुनाव आयोग कम से कम दस पोलिंग बूथ पर लगायी गयी वीवीपेट और ईवीएम मशीन की पर्चियों की जांच करे हालांकि चुनाव आयोग कई बार स्पष्ट कर चुका है कि ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड संभव नहीं है

पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के आदान प्रदान के लिये ग्वालियर में भी एक भारतः श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सहित मणिपुर और नागालैंड की संस्कृति को समाहित किये एक लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया

इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप्स लांच किया है इसके जरिये कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सौ मिनट में कार्यवाही सुनिश्चित करा सकेगा सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल की पहल पर राजभवन को सुबह ग्यारह बजे से रात के ग्यारह बजे तक जनता के लिए खोला गया है हालांकि आम लोग शाम सात बजे से ही जा पायेंगे जबकि स्कूली बच्चों के लिये राजभवन दिनभर खुला रहेगा आज महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण स्कूली छात्र छात्राएं देखे गये बच्चों में राजभवन देखने को लेकर उत्साह देखा गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से इस पोस्टल बैंक की शुरूआत करेंगे शहडोल के डाक अधीक्षक ने बताया कि यह बैंक प्ररी तरह से डाक घर के अधीन होगा इसकी पहुंच शहर से गांव तक होगी इस बैंक के खुलने से जल्दी ही हर गांव बैकिंग सुविधा से जुड़ जाएगा

ग्राहकों को क्यू आर कार्ड दिया जाएगा जिससे वे अपने पैसे की निकासी और जमा कर सकेंगे

पंचायत राज आयुक्त ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ग्राम सभाओं में जिला कलेक्टर की ओर से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी ग्राम सभा की सूचना पंचायत भवन के सूचना पटल और सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी ग्राम सभाओं में पंच परमेश्वर योजना की राशि और प्रगति पर चर्चा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति आवास ऐप ग्राम को खुले में शौच से मुक्त जैसे कई कार्यक्रमों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी

उज्जैन में हजारों श्रद्वालुओं ने क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाकर विभिन्न मंदिरों में दर्शन किये इस मौके पर पितों की स्मृति में पौधे लगाने के महत्व को देखते हुए पौधरोपण किया गया राजधानी भोपाल के शनि मंदिरों में खासतौर पर विशेष पूजा अर्चना की गयी वहीं आगरमालवा जिले में श्री बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिये श्रद्वालू पहुंचे भक्तों ने बाणगंगा नदी में आस्था की डुबकी लगायी खंडवा में भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के लिये हजारो की संख्या में श्रद्वालु पहुंचे सतना में इस अवसर पर भक्तों ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया

मौसम प्रदेश में एक बार फिर मानसून सकिय हो गया है जिसके चलते कई जिलों में बारिश हुई

राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रूक रूक कर बारिश हुई

सभी डाक्टरों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया